इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को राशि वितरित भी की जायेगी

इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने शुरू किया इसके एक माह बाद कोलकाता से भी रेडियो प्रसारण शुरू हो गया अब इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है जूनियर डॉक्टर हड़ताल प्रदेश में जूनियर डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी आज से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं

लेकिन जरूरत पड़ने पर मरीजों को बाहर के मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ता है जूनियर की यह भी मांग है कि गांव में सेवा देने वाले डाक्टर का मानदेय बढ़ाकर छत्तीस हजार से बढ़ाकर सत्तर हजार किया जायेगा साथ ही स्टाइफंड की राशि को भी बढ़ाया जाये हालांकि अभी अभी जानकारी मिली है कि सरकार ने एस्मा लगाते हुये तीन महीने तक सामुहिक अवकाश पर रोक लगा दी है विकास चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुये विकास के आंकड़ों पर खुली बहस की चुनौती दी है श्री सिंह ने आज अपने टवीट में कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के विकास के आंकड़ों का जबाव पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ से मांगने की बजाये इसका जबाव वे खुद देंगे दरअसल श्री चौहान ने अपनी जन आर्शीवाद के दौरान कमलनाथ द्वारा पूछे गये दस सवालों के जवाब सवालों के अंदाज में ही देते हुये कहा था कि कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान सड़कें क्यों नहीं बनवा पायी साथ ही बिजली और सिंचाई के मुद्दों पर भी कमलनाथ से जबाव मांगा था मौसम बारिश मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में अगले तीन दिन तेज बारिश की संभावना जताई है विभाग के अनुसार दक्षिणी झारखंड और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनना बताया गया है इसके बाद यह पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ जायेगा इसके प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अधिकांश क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है

कायाकल्प योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बोहानी जिला स्तर पर प्रथम स्थान मिला है